् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कोरोना से बचाव का मास्क ही सबसे बड़ा उपाय लोग बरते सावधानी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में बढते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए आज से तीन मई तक जन अनुशासन पखवाडा मनाया जाएगा

पखवाडे के दौरान सभी कार्यस्थल बाजार और प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे पहचान पत्र के साथ जिला प्रशासन गृह वित्त पुलिस जेल होमगार्ड कंट्रेाल रूम वॉर रूम नागरिक सुरक्षा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन खाद्य और नागरिक आपूर्ति नगर निगम नगर विकास प्रन्यास बिजली पानी स्वच्छता टेलीफोन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी केन्द्र सरकार की आवयक सेवाओं से जुडे कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे इनके अलावा सभी कार्यालय बन्द रहेंगे टिकिट दिखाने पर रेल बस मेट्रो और हवाई जहाज में यात्रा के आवागमन किया जा सकेगा

गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल जाने की छूट होगी अस्पताल दवाई की दुकानें लैब भी खुले रहेंगे सब्जी फल दूध और किराना की थोक व खुदरा दुकाने शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी सब्जियों और फलों को ठेले साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के जरिये शाम सात बजे तक बेचा जा सकेगा मंडियों में फसल खरीद की छूट रहेगी किन्तु कोविड उपयुक्त व्यवहार जरूरी होगा राशन की दुकानें बिना किसी अवकश के खुली रहेंगी टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह चार बजे से आठ बजे तक छूट होगी मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी आ जा सकेंगे प्रोसेस्ड फूड मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट में होम डिलिवरी रात आठ बजे तक हो सकेगी बैंक एटीएम पेट्रोल पम्प एलपीजी रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे

मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने छूट का दायरा बढाया है उद्योग और निर्माण से सम्बन्धित काम करने वाले वर्ग को भी सरकार ने अनुमति दी है जिससे श्रमिकों का पलायन रोका जा सके इस पखवाडे के दौरान सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहेगी खेलकूद और मनोरंजन के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे मॉल और सिनेमाघर बन्द रहेंगे सभी शिक्षण संस्थाएं कॉचिंग और लाइब्रेरी भी बन्द रहेगी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं

उन्होंने कहा कि जिस तेजी से देश के अन्य राज्यों के साथ साथ प्रदेश में कोरोना रोगियों की संख्या और मृत्यू दर बढ़ रही है यदि समय रहते सख्त निर्णय नहीं किए गए तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं ऐसे में आमजन को चाहिए कि वे राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालना करें

उन्होंने कहा कि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है इसलिए बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलें श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकाधिक लोगों का पंजीयन कराने की अपील की

इसी के तहत आकाशवाणी जयपूर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

जयपुर के अलावा तीन अन्य जिलों जोधपुर कोटा और उदयपुर में नये मरीजों के संख्या एक हजार के पार पहुंच गई

इस बीच सीकर में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोडने पर रोक लगा दी है वहीं सवाईमाधोपुर जिले में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के भ्रमण पर भी दो मई तक रोक लगाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं

इसी कडी में आकाशवाणी के माध्यम से बॉलीवुड गायक रविन्द्र उपाध्याय ने लोगों से सावधानी बरतने और वैक्सीन लगवाने की अपील की

उन्होंने कहा कि रेलगाडियों के जरिये ऑक्सीजन सिलेडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है

श्री गोयल ने कहा कि इस कदम के जरिये अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी

इसके कारण आज जैसलमेर श्रीगंगानगर बीकानेर और हनुमानगढ जिलों में तेज हवाओं के साथ रात को हल्की बारिश होने के आसार हैं